कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इस योजना का यह चरण नये दौर के कार्यक्रमों और कोविड संबंधी कौशल पर केन्द्रित होगा

यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा टीकाकरण के लिये राज्य में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

खंडवा में मेडिकल कॉलेज के डीनसीएमएचओ और सिविल सर्जन पहले टीकाकरण करायेंगे

कोरोना वैक्सीन रतलाम पहुंच गई है और इसके लिए जिले का माइक्रो प्लान तैयार हो गया है

उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन आ गई है जो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है नागरिकों को क्रमानुसार इसका लाभ मिलेगा

उन्होंने देशवासियों से कहा कि जो तत्व अपने संकीर्ण निहित स्वार्थों के लिए वैक्सीन के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और डॉक्टरों और वैज्ञानिक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को नकार देना चाहिये पीएम स्टार्टअप इंण्डिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रारम्भ स्टार्टअप इंण्डिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कांफ्रेंन्सिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे

इस दो दिवसीय सम्मेलन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आयोजित कर रहा है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे मकर सकांति प्रदेश में कल मकर संकांति का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास और लोक परंपराओं के अनुसार मनाया गया मकर संकान्ति के अवसर पर श्रद्धाल्ओं ने प्रदेश की पवित्र नदियों और सरावरों में स्नान कर पूजा अर्चना की और तिल गुड खिचडी का दान किया ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही श्रृद्धालु पहुंचने लगे थे नरसिंहपुर जिले में बरमान मेला शुरू हुआ वहीं सतना जिले के चित्रकूट में संक्रांति पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा की आगरमालवा जिले में भी मकर सक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया होशंगाबाद के नर्मदा नदी पर सेठानी घाट में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया युवाओं और किशोरों में पंतगबाजी को लेकर खासा उत्साह देखा गया बैतूल डिंडौरी शहडोल उज्जैन सहित सभी जिलों से मकर संक्रांति पर्व मनाने के समाचार मिले हैं सीहोर जिले में मकर सकांति का पर्व शहीद पर्व के रूप में मनाया जाता है